कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम सात बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे इस बार कार्यक्रम कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चअल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्वाओं अमिमावकों और शिक्षकों के साथ नए प्रारूप में यादगार चर्चा होगी जिसमें व्यापक विषयों पर कई रोचक सवाल होंगे परीक्षा पे वर्चा का पहला कर्षुअल ऐडिशन समस्या तब होती है जब हम ऐग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लें

यह राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूं लेकिन एक दोस्त के रूप में बता रहा हूं आपकी सोच मेरी सोच आपके इतादे मेरे इतादे हम साथ साथ ही हैं मेरे दोस्त क्या कहेंगे मम्मी पापा क्या बोलेंगे यह तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है देखिये दोस्तों खाती समय इसको खाती मत समझिये यह खजाना है खजाना अच्छी किताब अच्छी मूवी अच्छी कहानियां अच्छी कवितायँ अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव यह सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही दूल्स हैं ये परीक्षा पे चर्चा है लेकिन सिर्फ परीक्षा की डी चर्चा नहीं है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव दूर करने और उनका मनोबल बढाने में मदद करेगा श्री पोखरियाल ने कहा कि यह पहला अवसर है कि जब इक्यासी देशों के विद्यार्थियों ने रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में भी भाग लिया प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक डॉक्टर सर्वेष्ट मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विद्यार्थियों को तनावमुक्त होकर परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अंकों से ज्यादा सीखने पर ध्यान देना चाहिए मेरा आप सब से निवेदन है कि जो आप की होने वाली बोर्ड परीक्षाएं हैं उसको लेकर जरा सा भी तनाव न रखें और बोर्ड परीक्षाओं को रसी तरीके से इन्ज्वाय करें जैसे हम अपने घरों में त्यौहारों को मनाते हैं बच्चों आप सबको ये भी बताना है कि जिस तरह आप अपने नार्मत जीवन में दैनिक दिनचर्या में अपने आप को रखते हैं स्वस्थ हंसते खेलते परिवार के बीच व्यवहार करते हैं अपनी परीक्षाओं के दौरान भी वैसे ही करें

माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि परीक्षा कक्ष में आप तनाव लेकर न जाएं आप आत्मविश्वास लेकर जाएं मेरी श्रुषकामनाएं हैं आप सभी को कि आप की परीक्षाएं अच्छे से हों अंकों पे बहुत ज्यादा फोकस न देकर ज्ञान पे और सीखने पर ध्यान दें और माननीय प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अवश्य सुनें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि कानूनों नागरिकता संशोधन कानून और श्रम कानून के बारे में गलत बातें प्रसारित की जा रही हैं

श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि पार्टी न केवल राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है बल्क क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पूर्ति करती है आज गलत नेरेटिक्स बनाए जाते हैं कभी सीएए को लेकर कभी क्रवि कानूनों को लेकर कभी लेकर लॉ को लेकर बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है ये एक बहुत बख़ा कडयंत्र है इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं भ्रम फैलाएं जाते हैं झूठ फैलाया जाता है कभी कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा कभी कहा जाता है आस्क्षण समाप्त कर दिया जाएगा कभी कहा जाता है नागरिकता छीन ली जाएगी कभी कहा जाता है कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी

इस अवसर पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये

पीलीमीत क्शीनगर और कौशाम्बी सहित अन्य जनपदों में प्रधानमंत्री के वर्चअल संबोधन के बाद कार्यकर्ताओं ने लोगों को बधाई दी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों से आग्रह किया है कि वे दवाई भी कड़ाई भी के संदेश के प्रति जागरूकता फैलाएं और कोविड नियमों का पालन करने तथा पात्र लोगों को टीका लगवाने का संदेश दें मंत्रालय ने देश में कोविड के बढते मामलों को देखते हुए सभी निजी टेलीविजन चैनलों को एक परामर्श जारी किया है मंत्रालय ने फिर कहा है कि जनहित में इन संदेशों को प्रचारित करने में टीवी चैनलों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिये विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि लखनऊ प्रयागराज कानपुर नगर वाराणसी आगरा मेरठ गाजियाबाद गोरखपुर सहारनपुर बरेली झांसी तथा गौतमबुद्द नगर में उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाये मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कांटैक्ट ट्रेसिंग के कार्य को पूरी सक्रियता के साथ करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की जाये और लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाने के लिये प्रेरित किया जाये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाये कि कही भी भीड़ एकत्रित न हो और सार्वजनिक तथा मांगलिक कार्यक्रमों के लिये खुले स्थानों पर दो सौ से अधिक तथा बंद स्थानों पर सौ से अधिक लोगों की अनुमति न दी जाये उन्होंने राज्य में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के लिये कहा

कार्मिक और प्रशिक्षण विमाग के आदेश में केन्द्र सरकार के कमर्चारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें मास्क पहने बार बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के पांच हजार नौ सौ अट्ठाइस नये मामले सामने आये हैं इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर सत्ताईस हजार पांच सौ नौ हो गयी है प्रदेश में अब तक छः लाख तीन हजार चार सौ पंचानबे लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं जबकि आठ हजार नौ सौ चौबीस लोगों की मृत्यु हुयी है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अनित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में सवाददाताओं को बताया कि राज्य में कल एक दिन में एक लाख उन्यासी हजार चार सौ सत्रह नमूनों की जांच की गयी अब तक तीन करोड़ सत्तावन लाख चौवन हजार आठ सौ सात नमूनों की जांच की जा च्की है श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है

इस नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाष के माध्यम से जनपदों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करने की व्यवस्था की गई है यह नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्य करेगा